कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

बाद में भाजपा मण्डल श्री नैनादेवी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वारघाट में राज्य विद्युत बोर्ड का उपमण्डल खोला जाएगा मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से निष्ठापूर्वक व जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का आहवान किया जयराम ठाकुर ने लोगों से कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी मानक संचान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर मात्र सुर्खियों में बने रहने के लिए अनावश्यक मुददों को उछालने का भी आरोप लगाया

उन्होंने कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन से वर्चअल माध्यम से शिमला ज़िले के राजकीय महाविद्यालय सीमा के स्काउट्स द्वारा विकसित की गई स्वर्णम पृष्प वाटिका का शुभारम्भ किया उन्होंने सतत आजीविका के स्काउटिंग मॉडल के माध्यम से समग्र विकास अभियान का भी श्भारम्भ किया राज्यपाल ने इस मौके पर स्काउटिंग से जुड़े युवाओं से अपने जीवन में स्काउट्स एंड गाईडस के बुनियादी सिद्वांतों को अपनाने पर बल दिया उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान स्काउट्स एंड गाईड की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अब मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और अब अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है

इस अवसर पर राज्यपाल ने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में आईटीबीपी की भूमिका को सराहा उन्होंने परिवीक्षार्थियों से तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करने व मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का आहवान किया

उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए गए हैं

गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसकी प्रक्रिया जारी है शिमला में संस्कृत के कार्यान्वयन व प्रचार प्रसार के संबंध में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर भूमि का निरीक्षण किया गया है और उपयुक्त स्थान निर्धारित होते ही विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टीजीटी शास्त्री व टीजीटी हिन्दी पदनाम देने पर विचार कर रही है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

आकाशवाणी और द्ररदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा शहीद विदाई श्रीनगर के लावेपोरा में आतंकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा जिला के देहरू के जवान अशोक कुमार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सहित अन्य नेताओं सीआरपीएफ के अधिकारियों व शहीद के परिजनों ने अशोक कमार को अंतिम विदाई दी इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शोक संतप्त परिजनों से सांत्वना प्रकट करते हए कहा कि शहीद अशोक कमार पर पूरे राष्ट्र को गर्व है और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता कोविड टीका प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने आज शिमला के आईजीएमसी में कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयासरत है और समय समय पर उचित निर्णय लिए जा रहे हैं कश्यप ने कहा कि प्रदेश में अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है उन्होंने लोगों से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने युवाओं से कृषि बागवानी और पशुपालन को रोजगार के रूप में अपनाने का आहवान किया है कांगड़ा जिले के धीरा में आयोजित जिलास्तरीय किसान गोष्ठी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं में अनुदान व सहायता से रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे

स्नो फैस्टिवल की कड़ी में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता का वित्त व कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने श्रभारम्भ किया उन्होंने कहा कि सरकार शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और बजट में स्कीइंग खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है निर्देश हमीरपुर जिला उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने अधिकारियों को कोरोना संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं हमीरपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि सभी स्थानों संस्थानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों व वाहनों में नो मास्क नो सर्विस का पोस्टर अवश्य होना चाहिए

नमस्कार